इस महामारी से निपटने से उत्पन्न स्थिति और कार्य योजना पर चर्चा के लिए वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आज उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सहित कई देशों की स्थिति मार्च के प्रारम्भ में लगभग एक जैसी थी लेकिन समय पर कदम उठाये जाने से देश बहुत लोगों की रक्षा करने में सफल रहा नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस वायरस का खतरा अभी बना हुआ है और लगातार सावधानी ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री ने कहा कि अब हमें आगे के बारे में सोचने की आवश्यकता है दो गज दूरी के मंत्र को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि मास्क और चेहरा ढकना आने वाले दिनों में लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाएंगे

मुख्यमंत्री इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्टिव केस फाईडिंग अभियान को प्रभावी रूप से चलाने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रयासों की सराहना की है प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अभियान से हिमाचल के लोगों में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के लक्षणों की स्क्रीनिंग करने में सहायता मिली है उन्होंने सभी राज्यों को कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए हिमाचल प्रदेश की इस पहल का अनुसरण करने का आग्रह भी किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री से भविष्य में उत्पन्न होने वाली किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त वैंटिलेटर उपलब्ध करवाने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि राज्य में फार्मास्यूटिकल इकाईयों में निर्माण कार्य शुरू हो गया है और देश विदेश को आपूर्ति की जा रही है मुख्यमंत्री ने इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से रसायन व कच्चे माल की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित बनाने का आग्रह किया मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आर्थिक गतिविधियां आरम्भ करने का प्रयास कर रही है और इसके लिए एक टास्क फोर्स गठित की गई है मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के चलते लागू कफ्यू से प्रदेश में पर्यटन उद्योग और बागवानी क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और अब इस ओर कार्य करने की जरूरत है राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विभिन्न समाज सेवी संगठनों द्वारा कोरोना महामारी के वर्तमान दौर में सामाजिक सेवा क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है राज्यपाल ने हैदराबाद की स्वयं सेवी संस्था द अक्षय पातरा फाउंडेशन द्वारा देशभर में करीब दो करोड़ लोगों को पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने को मानवता के लिए मिसाल बताया है संस्था के अध्यक्ष को लिखे एक पत्र में राज्यपाल ने हिमाचल में भी अपनी सेवाएं आरम्भ करने का आग्रह किया है सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज रोहडू उपमंडल के चिड़गांव तहसील के डुगयानी गांव में आग प्रभावित परिवरों से भेंट की उन्होंने उपमंडलाधिकारी और जिला प्रशासन के अन्य अधिकारियों को नुकसान का आकंलन कर तुरंत इसकी रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए ताकि प्रभावित परिवारों को अधिक से अधिक सहायता प्रदान की जा सकें भारद्वाज ने रोहड् के डीएफओ को प्रभावित परिवारों को मकान बनाने के लिए टीडी की लकड़ी उपलब्ध करवाने को लेकर भी निर्देश दिए उन्होंने कहा कि चिड़गांव के खंड विकास अधिकारी को मुख्यमंत्री आवास योजना राजीव गांधी आवास योजना या अन्य आवास योजनाओं के तहत प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर घर बनाने की अनुमति देने के निर्देश दिए ताकि जल्द से जल्द इनके घर बन सकें शिक्षा मंत्री ने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि चिड़गांव में अग्निशमन केंद्र या फायर स्टेशन खोलने की मांग को वे मुख्यमंत्री के समक्ष प्रमुखता से उठाएंगे और जल्द ही यहां फायर स्टेशन खोलने का प्रयास किया जाएगा इस मौके पर उन्होंने प्रभावित परिवारों को कम्बल भी वितरित किए इस दौरान उनके साथ स्थानीय भाजपा नेत्री शशि बाला और विभागीय अधिकारी मौजूद रहें

एक संक्रमित व्यक्ति के स्वस्थ होने से सोलन जिला प्रदेश का सातवां कोरोना मुक्त जिला बन गया है स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मीडिया बुलेटिन के अनुसार ऊना जिला में चार चंबा व हमीरपुर में दो दो और कांगड़ा व सिरमौर में एक एक कोरोना संक्रमित मरीज ही रह गए हैं